मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कहा है कि केवल भवन और सड़क बनाना ही विकास नहीं है बल्कि नागरिकों को शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने ेसे विकास होता है सुकमा जिले में दो इनामी माओवादियों ने किया आत्समर्पण बीजापुर जिले से दो वारंटी माओवादी गिरफ्तार एक सप्ताह की देरी के बाद मानसून केरल पहुंचा इसी के साथ देश में वर्षा के मौसम की शुरूआत जावड़ेकर योग सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आशा व्यक्त की है कि इस वर्ष इक्कीस जून को योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि योग भारत की अपनी विरासत है साथ ही यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश्व को उपहार भी है स्वस्थ जीवन के लिए विश्व को भारत का एक तोहफा योगा के रूप में देखा जाता है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस वर्ष योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न मीडिया संस्थानों को पुरस्कृत किया जायेगा ग्यारह समाचार पत्रों को सम्मानित किया जायेगा ग्यारह रेडियों को सम्मानित किया जायेगा और ग्यारह टीवी चौनल्स को सम्मानित किया जायेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अधिक उत्साह से इस पूरी दुनिया को जो एक स्वस्थ जीवन का ये जो लक्ष्य है उसके लिए माध्यमों का अच्छा उपयोग करेंगे और सभी सहभागी होंगे ये मुझे पूरा विश्वास है

छत्तीसगढ़ में भी योग दिवस की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं योग दिवस पर विद्यालय विकासखंड और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे राज्य माध्यमिक मिशन के प्रबंध संचालक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं राजधानी रायपुर में राज्य स्तर पर दो चरणों में योग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा केंद्र बजट सुझाव केन्द्र सरकार ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के आम बजट के लिये नागरिकों से सुझाव मांगे हैं ताकि बजट तैयार करने की प्रक्रिया को अधिक समावेशी और भागीदारीपूर्ण बनाया जा सके केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पांच जुलाई को बजट पेश करेंगी आम बजट के बारे में सुझाव सरकार के पोर्टल पर इस महीने की बीस तारीख तक दिये जा सकते हैं पोर्टल के अनुसार पिछले कई वर्षो से वित्त मंत्रालय बजट के बारे में नागरिकों से सुझाव मांग रहा है बजट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिये समाज के सभी वर्गो के नागरिकों से सुझाव देने की अपील की गई है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विकास के मायने केवल सड़क भवन और निर्माण कार्य नहीं है बल्कि इसके मायने नागरिकों को शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है श्री बघेल ने आज रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में माओवाद उन्मूलन के संदर्भ में कहा कि हमें सबसे पहले उस क्षेत्र के नागरिकों का विश्वास जीतना होगा उन्हें लगना चाहिए कि वे सुरक्षा व्यवस्था के साये में महफूज और सुरक्षित हैं राजस्व प्रकरण समीक्षा राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं श्री अग्रवाल ने कल राजधानी में रायपुर संभाग के कमिश्नर और जिला कलेक्टरों की समीक्षा बैठक में कहा कि लोक सेवा गारंटी के तहत चिन्हित सेवाओं का लाभ आम जनता तक निर्धारित अवधि में पहुंचाया जाना चाहिए

पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर में पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक में मानसून के दौरान सभी उद्योगों को पौधरोपण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर विभाग द्वारा वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र यात्री बसों के परमिट के साथ साथ अनियमितताओं के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है ओव्हरलोडिंग और अनियमितताओं के दो सौ बयालीस मामलों में करीब ग्यारह लाख रूपये की वसूली की गई है परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ओव्हरलोडिंग वाहनों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा

ये दोनों माओवादी चिंतागुफा इलाके में लम्बे समय से सक्रिय थे इन माओवादियों पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित था और इनके खिलाफ कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है वहीं इसी जिले में दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर तेमेलवाड़ा घाट के पास माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया दूसरी ओर बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम ने गश्त के दौरान दो वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है हिरण मौत धमतरी जिले में संदिग्ध हालत में बारह हिरणों की मौत हो गयी है आशंका जताई जा रही है कि इन हिरणों की मौत जहरीला पानी पीने से हुई है बताया गया है कि नगरी विकासखंड के अंतर्गत मोहलाई गांव के जंगल किनारे स्थित मुरूम खदान में ये हिरण पानी पीने आए थे खदान के पानी में अज्ञात लोगों द्वारा कीटनाशक डाल दिया गया था जिसे पीने से बारह हिरणों की मौत हो गई घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में कोरबा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी एकलव्य विद्यालय आवेदन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जनजातीय विद्यार्थियों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संबद्धता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तीस जून तक बढ़ा दी है

देशभर में लगभग दो सौ छब्बीस एकलव्य विद्यालय हैं जिनमें से अड़सठ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं मानसून आगमन एक सप्ताह की देरी के बाद मानसून ने आज केरल में दस्तक दे दी है इस तरह से देश में वर्षा के मौसम की शुरूआत हो गई है भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि आज केरल के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा के साथ मानसून का प्रवेश हो गया है छत्तीसगढ़ में भी मानसून के हफ्तेभर देरी से पहुंचने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के मुताबिक आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है संक्षिप्त समाचार कोरिया जिले में चिरिमिरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने एक ट्रक से करीब आठ क्विंटल गांजा बरामद किया है इसकी कीमत लगभग छप्पन लाख रूपये बताई जा रही है कोरबा जिले के करतला वन परिक्षेत्र में भालुओं के हमले से दो महिलाएं घायल हो गई जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू रायपुर में आगामी बारह जून को सुबह साढ़े दस बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा